ये निर्णय प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया बैठक में राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई और कोरोना मामलों में तेज वृद्वि पर चिंता व्यक्त की गई मंत्रिमंडल ने राज्य से प्रवासी मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए निर्माण सामग्री से संबंधित सभी दुकाने सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को तीन तीन घंटे खुली रखने का निर्णय लिया

सभी नगर निगमों को भी डेड बॉडी वैन किराये पर लेने की अनुमति होगी

मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि शादी समारोहों के लिए मैरिज पैलेस सामुदायिक हॉल या टेंट किराये पर नहीं लिये जा सकेंगे शादियों के लिए अन्य शर्ते पहले की तरह लागू रहेंगी

अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश में कोरोना से निपटने के लिए विदेशों से आ रही सहायता सामग्री को वित्त मंत्रालय युद्ध स्तर पर राज्यों को निर्धारित कोटे के अनुसार भेज रहा है

उन्होंने कहा कि विदेशों से आ रही सहायता सामग्री से कोरोना के खिलाफ जंग में देश को बल मिल रहा है टास्क फोर्स प्रदेश सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए पीडीऐट्रीक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है ये टास्क फोर्स तीसरी लहर से उत्पन्न होने वाली संभावित स्थिति का अध्ययन करेगी स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में कहा कि आने वाली इस लहर से केवल बच्चे ही प्रभावित हो सकते हैं

प्रवक्ता ने कहा कि ये टास्क फोर्स समय समय पर उचित परामर्श प्रदान करने के अलावा आधारभूत ढांचे की उपलब्धता का अध्ययन करेगी आधारभूत ढांचे में पीआईसीयू एमएन आईसीयू एसएनसीयू और एनबीएसयू शामिल हैं टास्क फोर्स इस महामारी से निपटने के लिए आवश्यक मशीनरी यंत्र और श्रम शक्ति प्रदान करने के लिए उपयुक्त योजना भी तैयार करेगी प्रवक्ता ने कहा कि सरकार आने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपना रही है और सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है विपिन परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज राधा स्वामी सत्संग केंद्र परौर में निर्माणधीन मेक शिफ्ट अस्पताल के कार्य का निरीक्षण किया उन्होंने यहां उपलब्ध करवाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया और सत्संग केंद्र के संचालकों के साथ एक बैठक भी की परमार ने निर्माण कार्यो पर संतोष जताया और इसे शीघ्र पूरा करने के आदेश दिए उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगाई गई पाबंदियों से कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में सफलता हासिल हो रही है परमार ने लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन करने की अपील की

स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में कहा कि इस योजना का उददेश्य कोरोना की किसी भी विपरीत परिस्थिति में स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है ये योजना कोरोना महामारी में अपनी जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को राहत प्रदान करने में सक्षम है राज्य सरकार ने इस योजना के तहत अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए स्वास्थ्य निदेशक को नोडल अधिकारी नामित किया है

उमंग स्वयं सेवी संस्था उमंग फाउंडेशन ने आज शिमला के निकट सायरी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया

संस्था के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने कहा कि इस शिविर का आयोजन राजधानी शिमला के ब्लड बैंकों में खून की भारी कमी के दृष्टिगत किया गया शिविर के दौरान कोरोना प्रोटोकोल का पूरी तरह पालन किया गया